कांग्रेस पर अयोध्या मामले को लटकाने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश नहीं लायेगी एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में श्री मोदी ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद ही संभव होगा उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को टालने का प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के वकील उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले पर जल्द फैसला आने के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे गये एक सवाल का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव देश की जनता बनाम महागठबंधन में होगा उन्होंने कहा कि विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि देश में मोदी लहर है और यह लहर विकास कार्यो को लेकर है श्री मोदी ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं और इस अवधि में देश ने नई ऊँचाईयों को छुआ है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये हैं उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना सहज हर घर बिजली योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का जिक्र करते हये श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से भारत की तस्वीर बदली है श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए है सरकार अब बीज से लेकर बाजार तक पर ध्यान दे रही है नोटबंदी का जिक्र करते हुये श्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने वाला साबित हुआ है केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के सौ दिन के भीतर ही छह लाख पचासी हजार गरीबों को मुफ्त में अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है अपने फेसबुक पोस्ट पर श्री जेटली ने इसे एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन प्रतिदिन पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है श्री जेटली ने कहा कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी श्री जेटली ने बताया कि वर्तमान में इस योजना के तहत सोलह हजार सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है वस्तु और सेवाकर की दर में कटौती के साथ ही आज से आम उपयोग की तेईस वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल हैं जीएसटी परिषद ने बाईस दिसम्बर को तेईस वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर में कटौती की थी म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी तालमेल का अभाव है जिस कारण अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है आज पटना में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश के लोग महागठबंधन की असलियत समझ चुके हैं उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच आपसी सहमति और सर्वमान्य तरीके से सीट बंटवारा हुआ और यही एकता चुनाव में भी दिखेगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाजीपूर सदर अस्पताल में कथित तौर पर एक मरीज को कचरे में फेंके जाने को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है दो दिन पहले मीडिया में खबर आयी थी कि एक वार्ड ब्वाय ने बर्न वार्ड में भर्ती मरीज को कचरे में फेंक दिया था इसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है नव वर्ष को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है पटना के सभी पार्कों और पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गयी लोगों ने नये संकल्प के साथ नव वर्ष का स्वागत किया इधर प्रदेश भर में प्रमुख मंदिरों गुरूद्वारों और गिरजाघरों में लोग सुबह से ही से सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कल से ही पिकनिक स्थलों पर काफी चहल पहल देखी जा रही है नव वर्ष के जश्न को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं पटना जिला प्रशासन ने शहर के सार्वजनिक स्थलों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की है सिखों के दसवें ग्रु ग्रु गोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ बावनवां प्रकाशोत्सव आज से शुरू हो गया है पंज प्यारों की अगुवाई में आज सुबह पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब से प्रभातफेरी निकाली गयी मुख्य समारोह तेरह जनवरी को ग़्रू घर के विशेष दीवान में मनाया जायेगा इधर ग्यारह दिनों तक चलने वाले प्रकाशोत्सव के लिये देश विदेश से सिख श्रद्धालुओं के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है श्रद्धालुओं के लिये टेंट सिटी और लंगर की व्यवस्था की जा रही है जानेमाने फिल्म अभिनेता और पटकथा लेखक कादर खान का कल कनाडा के एक अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे

जिसके बाद तीन सौ से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया अभिनय करने के पहले उन्होंने डायलॉग राइटर के रूप में भी काम किया रंधीर कपूर जया बच्चन अभिनीत जवानी दीवानी फिल्म के लिए उन्होंने सबसे पहले डायलॉग लिखे

मनमोहन देसाई के लिए लिखी धर्मवीर गंगा जमुना सरस्वती कुली देशप्रेमी सुहाग परवरिश और अमर अकबर एंथनी तथा प्रकाश मेहरा के लिए लिखी ज्वालामुखी शराबी लावारिस मुक्कदर का सिकन्दर इन फिल्मों को उनके चाहने वालों ने काफी सराहा उनके निधन पर अमिताभ बच्चन तथा मनोज वाजपेयी सहित कई अभिनेताओं ने शोक जताया है कादर खान के पूत्र सरफराज ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार देश में ही किया जायेगा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा के कमजोर पड़ने के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी हालांकि सुबह और रात में लोगों को ठंड के साथ कनकनी का भी सामना करना पड़ेगा विभाग ने कहा है कि गया और भागलपुर जिले में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी आज तीन दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पूर्णियां का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव पांच भागलपुर का सात दशमलव छह और पटना का सात दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर ठंड को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने कल से पांच जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बारह शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है शिवहर जिले के नगर थाना क्षेत्र से पूलिस ने सात तस्करों को गिरफ्तार किया जिसमें बिहार पूलिस के एक दारोगा के दो बेटे भी शामिल हैं सहरसा से दो और पश्चिम चम्पारण से तीन तस्कारों को गिरफ्तार किया गया है वहीं रोहतास और शेखपुरा से भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी है

कांग्रेस पर अयोध्या मामले को लटकाने का आरोप लगाया